बिहार में लॉकडाउन का व्यापक असर

अब तक सात लोगों की मौत

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से लॉक डाउन का गंभीरता से पालन करने के लिए कहा ताकि वे स्वयं और उनके परिजन स्वस्थ रहें प्रधानमंत्री ने पूर्ण बंदी वाले जिलों और राज्यों में लोगों से घरों से बाहर न निकलने और कोविड उन्नीस के खिलाफ लड़ाई में निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है श्री मोदी ने ट्वीट के जरिए लोगों को इसके प्रति सावधान रहने को कहा है प्रधानमंत्री ने डॉक्टरों नर्सों और स्वच्छता कर्मियों जैसे कोरोना योद्वाओं के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित करने के लिए लोगों की सराहना की है प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड उन्नीस से लंबी लड़ाई में देश की विजय यात्रा की यह केवल एक शुरुआत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया से अनुरोध किया है कि वह लोगों को घर पर ही बने रहने के लिए संदेश देने का अभियान चलाए उन्होंने आज विभिन्न संचार माध्यमों के प्रमुखों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बातचीत में कहा कि इससे लोग मामले की गंभीरता को समझेंगे और लॉकडाउन को गंभीरता से लेंगे प्रधानमंत्री ने मीडियाकर्मियों से भी कवरेज के दौरान सभी तरह की सावधानी बरतने का अनुरोध किया राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिये लागू की गयी लॉक डाउन यानी पूर्णतः बंद का व्यापक असर देखा जा रहा है राजधानी पटना सहित सभी जिला मुख्यालयों अनुमंडल मुख्यालयों समेत सभी शहरों में सड़कें सुनसान हैं लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गयी है पटना में पचास ऑटो रिक्शा को जब्त किया गया है वहीं गया में उल्लंघन करने वाले तीन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गयी जबकि छह वाहनों को जब्त किया गया शहर में लॉकलाडन का उल्लंघन करने वालों से चार लाख रूपये का जुर्माना वसूला गया पुलिस द्वारा लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों से अपने घरों में रहने की अपील की जा रही है मुजफ्फरपुर बक्सर सहित कई जिलों में बल प्रयोग कर गैर दुकानों को बंद कराया गया हमारे मध्रबनी संवाददाता ने बताया कि आज से भारत नेपाल सीमा को पूर्ण रूप से सील कर दिया गया है इधर विभिन्न जिलों में आइसोलेशन वार्ड के लिये बेड की संख्या बढ़ायी जा रही है कटिहार में सदर अस्पताल अनुमंडल अस्पताल और कटिहार मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक हजार शैय़या की क्षमता वाले आइसोलेशन वार्ड बनाये जा रहे हैं समस्तीपुर जिले में कोरोना वायरस के पांच संदिग्ध मरीजों को आइसोलेशन वार्ड भेजा गया है वहीं बेगूसराय जिले में भी दो संदिग्धों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है देश में चार सौ पंद्रह लोगों में कोविड उन्नीस की प्रष्टि हुई है इनमें से तेईस लोगों को ईलाज के बाद छुट्टी दे दी गई इस संक्रमण से सात लोगों की मौत हुई है जबकि देश के विभिन्न हवाई अड्डों पर अब तक पंद्रह लाख सत्रह हजार यात्रियों की जांच की गई है इधर बिहार में कोरोना वायरस से एक व्यक्ति की मौत हुयी है तीन लोगों में बीमारी की पुष्टि हुयी है बाहर से आये पांच सौ सैंतीस यात्रियों पर लगातार नजर रखी जा रही है राज्य के गृह विभाग ने कहा है कि संदिग्ध मामलों को देखते हुए अन्य राज्यों से लौट रहे प्रवासी बिहारियों के लिये उनके गांव में ही ठहरने के लिये अलग से अस्थायी व्यवस्था की गयी है गृह विभाग के अपर मूख्य सचिव आमिर सुबहानी ने कहा है कि संबंधित जिलों को अधिकारियों को उनके क्षेत्र में पड़ने वाले स्कूलों पंचायत भवनों में आवासन की व्यवस्था करने को कहा गया है क्योंकि ऐसी खबरें आ रही है कि जो अप्रवासी अपने गांव पहुंच रहे हैं उन्हें कुछ ग्रामवासियों द्वारा घरों में रहने देने में संकोच किया जा रहा है राज्य सरकार ने उन सभी सोलह हजार चार सौ सतहत्तर लोगों की जांच कराने का फैसला किया है जिन्होंने इस महीने की एक तारीख से बीस तारीख के बीच कोरोना प्रभावित क्षेत्रों से राज्य में प्रवेश किया है

इन यात्रियों की सूची सभी जिलों को भेज दी गई है ताकि पहचान सुनिश्चित कर उनकी दोबारा जांच हो सके इस काम में संबंधित गांव के मुखिया और चौकीदार की मदद लेने का निर्देश दिया गया है कोरोना प्रभावित देशों से आये यात्रियों की जांच एक बार फिर कराई जायेगी क्योंकि हो सकता है कि इनमें से कई एयरफोर्स पर जांच में शामिल न हो पाये हों या जांच के बाद कोरोमा संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आये हों इन समी की जांच के अलावा इन्हें क्वारैन्टाइन कराने का भी निर्णय लिया गया है आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना वायरस के संक्रमण से प्रभावित लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर इनकी पहचान को गोपनीय रखने के निर्देश दिये हैं इसके अनुसार मीडिया को इन व्यक्तियों का नाम और पता सार्वजनिक नहीं करने को कहा गया है इसके अलावा कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों के इलाज में लगे चिकित्सकों स्वास्थ्य कर्मियों और मरीजों की पहचान उजागर करने पर भी रोक लगा दी गयी है इसके अलावा मीडिया द्वारा इन लोगों के साक्षात्कार और बातचीत प्रकाशित या प्रसारित करने पर भी रोक रहेगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कोरोना वायरस के कारण प्रदेश में लॉक डाउन की स्थिति को देखते हुए सभी राशन कार्डधारी परिवारों को एक महीने का मुफ्त में राशन दिया जायेगा श्री कुमार ने आज एक उच्च समीक्षा बैठक के बाद अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिये राज्य सरकार ने तीन महीने के लिये मुख्यमंत्री व्रद्वजन पेंशन दिव्यांग विधवा और वृद्धावस्था पेंशन का अग्रिम भूगतान लाभार्थियों को करने का निर्देश दिया है साउंड बाईट पहली क्लास से लेकर बारहवीं क्लास तक के सभी छात्र छात्राओं को ये छात्रवृत्ति इकतीस मार्च दो हजार बीस तक उनके खाते में दे दी जायेगी सभी चिकित्सकों एवं स्वास्थ्यकर्मियों एक माह के मूल वेतन के समतुल्य प्रोत्साहन राशि दी जायेगी कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सभी निजी और सार्वजनिक उपक्रमों को परामर्श जारी किया है कि वे अपने कर्मचारियों का वेतन न काटें और उन्हें सवैतनिक छुट्टी दें श्रम और रोजगार विभाग के सचिव हीरालाल सामरिया ने कहा कि यदि कोई श्रमिक छुट्टी लेता है तो उस अवधि का उसका वेतन न काटा जाए उन्होंने कहा कि यदि कोविड उन्नीस के कारण कामकाज नहीं होता है तो ऐसी इकाइयों के कर्मचारियों काम पर माना जाए इसके अलावा मंत्रालय ने विभिन्न श्रमिक संगठनों को पत्र जारी कर मौजूदा परिस्थिति में कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने को कहा है मंत्रालय की संयुक्त सचिव कल्पना राजसिंघौत ने श्रम संगठनों पर नियोक्ताओं से समन्वय बनाकर इस बात को सुनिश्चित करने को कहा गया है कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण बंदी की स्थिति काम नहीं होने पर किसी को नौकरी से नहीं निकाला जाये और साथ ही किसी की वेतन में कटौती नहीं हो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने का एकमात्र उपाय बाहर से आने वाले लोगों को अलग रखना है श्री भार्गव ने कहा कि यह वायरस हवा में मौजूद नहीं है बल्कि संक्रमित व्यक्ति के छींकने या खांसने से दूसरों में फैलता है

यदि कुछ लोग अपने घर से चले गये हैं तो उनको अलग कमरे में रहना जरूरी है टेस्ट की जरूरत तभी है जब इनको सिम्पटम हो यदि सिम्पटम हो जाये और टेस्ट पॉजिटिव है तब अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत है

साउंड बाईट नॉनवेज से या अंडे खाने से ये फैल नहीं रहा है और इसलिए कोई इसमें एविडेंस नहीं है कि ये अब एनीमल से या नॉनवेज खाने से फैल रहा है सिमीलरली पैट्स के साथ भी ये है कि जिन्होंने अपने घर में पैट्स रखें हैं ऐसा नहीं है कि ये वायरस जो है पैटस में आ जायेगा या पैटस से किसी और को आ जायेगा अब अगर से वायरस फैल रहा है तो एक इसान से दूसरे इसान में फैल रहा है इसलिए ये गलत फीलिंग्स हैं ये नॉनवेज खाने से हो रहा है या पैट्स घर में रखने से हो रहा है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

यदि किसी व्यक्ति को खांसी और बुखार आने लगे तो अपने को अन्य लोगों से अलग कर लें आंख नाक और मुंह को बिना हाथ धोये स्पर्श न करें हाथों को बार बार साबुन पानी से धोए या अल्कोहल मिश्रित पदार्थ से हाथ मलें खांसते और छींकते समय नाक और मुंह पर रूमाल अथवा टिश्यू पेपर रखना चाहिए वुखार आने सांस लेने में कठिनाई होने और खासी की स्थिति में तत्काल डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए

कोविड नाईनटीन संक्रमण को देखते हुए नागर विमानन महानिदेशालय ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं सभी विमान कम्पनियों और हवाई अड्डों से कहा गया है कि वे चेक इन काउंटरों पर यात्रियों के बीच पर्याप्त दूरी बनाए रखें प्रत्येक दो यात्री के बीच एक सीट खाली रखने का भी निर्देश दिया गया है

बिहार में लॉकडाउन का व्यापक असर

अब तक सात लोगों की मौत